प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश के रेहडी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रेहडी पटरी वालों की वापसी का स्वागत किया उन्होंने उनके आत्मविश्वास दृढ़ता और कड़ी मेहनत की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि कोई भी आपदा सबसे पहले गरीबों के काम भोजन और बचत को प्रभावित करती है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पहले ही दिन से ही गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के सामने लॉकडाउन के कारण आने वाली कठिनाइयों के समाधान और महामारी के प्रभाव को कम करने की कोशिश की रेहड़ी ठेले वाले हमारे ताखों साथियों का परिवार तो उनकी रोज की मेहनत से चलता है कोरोना के कारण बाजार बंद हो गए खुद की जान बचाने के लिए तोग घरों में ज्यादा रहने लगे तो इसका बहत बढ़ा असर हमारे रेहझी पटरी वाले भाई बहनों के कारोबार पर ही पड़ा उनको मुश्किलों से निकालने के लिए ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई है स्वनिधि योजना के लाम के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के जरिए रेहडी पटरी वालों के लिए ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि बैंकों और डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने वाले पक्षों के साथ सहयोग से नई शुरूआत हई है जिससे रेहडी पटरी वाले डिजिटल लेनदेन से अछ्ते न रहें मैं अपने रेहडी पटरी वाले साथियों से अपील करता हूँ कि वो अपना जयादा से जयादा लेन देन डिजिटल करें और पूरी दुनिया के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करें हमारे जो खाने पीने का व्यवसाय करने वाले साथी हैं जिसको हम स्ट्रीट फूड वेंडर भी कहते हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दर्दने की मी योजना बनाई गई है यानी बड़े बड़े रेस्टोरेंट की तरह ही रेहड़ी ठेले वार्ल भी अपने ग्राहकों को ऑनलाइन डिलिवरी कर पाएंगे श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर उज्ज्वला गैस और आयुष्मान भारत योजनाओं का लाभ मिलेगा

इस योजना में ब्याज पर सात प्रतिशत तक की छट मिलेगी और यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष के भीतर अपना कर्ज चुकाता है तो उसे व्याज में छट मिलेगी डिजिटल लेनदेन में कैश बैक की सुविधा का लाभ मिलेगा इससे बचत क्ल ब्याज से अधिक होगी

इनमें से करीब एक लाख चालीस हजार रेहडी पटरी वालों को एक करोड चालीस लाख रुपए की राशि की स्वीकृति मिल चुकी है श्री मोदी ने कहा कि रिसाइकिलिंग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और यह हमारी संस्कृति से जुड़ा है हमारे देश में तो ये जो रिसाइकिलिंग जिसको कहते हैं न आजकल वो हमारी सदियों पूरानी बातें है अब देखिए माताएं घर में साझी पुरानी हो जाएगी तो उससे गद्मा बना लेंगी गद्मा पुराना हो जाएगा तो उसको पोषे के लिए उपयोग करेंगी यानी एक भी चीज खराब नहीं होने देती अगर आपने भी अपने व्यवसाय में गरीबों के कल्याण से जुड़ी सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीबों को शहरों में किराये पर किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए बड़ी योजना शुरू की है एक देश एक राशन कार्ड योजना से स्ट्रीट वेंडर को देश में कहीं भी सस्ता राशन मिल सकेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन संक्रमण के मददेनजर लखनऊ कानप्र नगर और प्रयागराज में कांटेक्ट ट्रेसिंग में बढ़ोत्तरी करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि सरकार जनता को कोरोना से स्रक्षित रखने और उनका बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिये संकल्पित है इसके लिये रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड नाइन्टीन पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने लोगों को कोरोना के बारे में लगातार जागरूक करने के निर्देश दिये उन्होंने अस्पतालों में कार्मिकों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिये साथ ही उन्होंने चिकित्साकर्मियों को मेडिकल संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिये पीपीई किट ग्लब्स मास्क और सैनिटाइजर की स्चारू उपलब्धता स्निश्चित करने के लिये कहा

इन दिशानिर्देशों में विद्यार्थियों के बीच नोट ब्रक पेन पेंसिल पीने के पानी की बोतलें साझा नहीं करने और असेम्बली तथा खेल की मनाही के साथ ही ऑनलाइन सीखने को प्रोत्साहित करने जैसे क्छ महत्वपूर्ण बिंद् शामिल किए गए हैं इसके अनुसार स्कूल में आने के लिए छात्रों के माता पिता या अभिमावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी और शिक्षक तथा छात्रों के बीच संवाद सुनियोजित ढंग से किया जायेगा दिशा निर्देशों में स्कूल के बुजुर्ग और अधिक जोखिम वाले कर्मचारियों तथा गर्मवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है इन स्कूलों में संक्रमण के खतरे वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कल विँध्याचल मंडल की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गयी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विन्ध्य कॉरिडोर पर तुरंत कार्य शुरू करने का निर्देश दिया और कहा कि विन्ध्याचल क्षेत्र को भव्य बनाया जाए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मुआवजे का वितरण जल्द से जल्द कर दिया जाए समीक्षा बैठक में सांसद श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने मेडिकल कालेज के निर्माण में अनियमितता की शिकायत की जिसे मुख्यमंत्री ने सम्बंधित अधिकारियों से तुरंत दूर करने का निर्देश दिया ईज ऑफ डुइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में सुगमता की देशमर की श्रेणियों में प्रदेश दस स्थान के उछाल के साथ दूसरे नम्बर पर आ गया है राज्य सरकार द्वारा व्यापार की स्गमता को लेकर जारी जिलेवार रैंकिंग में उन्नाव जिले को ए श्रेणी में पहला स्थान मिला है जबकि कौशाबी जिले को बी श्रेणी में पहला स्थान मिला है ये जाहिर करता है कि राज्य औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित माने जाने वाले जिलों में भी व्यापार में सहजता की भावना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास आलोक क्मार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा जिस प्रकार भारत सरकार ने स्टेट्स की रैंकिंग शुरू की है तो स्टेट्स में एक प्रतिसर्वा की भावना आई कि हमारा काम अच्छा होना चाहिए हमने उसी प्रकार से प्रदेश के जिलों में प्रतिसंपर्धा करने के लिए एक व्यवस्था शुरू की है और हम रैंकिंग हर महीने निकालते हैं आलोक क्मार ने कहा कि इस रैंकिंग सिस्टम से प्रदेश में व्यापार में स्गमता का माहौल और बेहतर होगा

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक दो लाख सोलह हजार नौ सौ एक मरीज कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं